कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए विभिन्न जिलों को प्रदान की गई रैपिड टैस्ट किट्स और लोगों को घरद्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू मुख्यमंत्री प्रैस कांफ्रेंस मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि सरकार द्वारा अमल में लाए गए सख्त निर्णयों और लोगों के सहयोग से कुछ हद तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कफ्य्र् में अभी कोई भी ढील नहीं दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यो में स्थानीय लोगों को ही काम पर लगाया जाएगा

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जांच की सुविधा अभी आईजीएमसी शिमला टांडा मैडिकल कॉलेज और सीआरआई कसौली में है और जल्द ही ये सुविधा पालमपुर व मंडी के अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाएगी

मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों व विद्यार्थियों के हित को देखते हुए उनसे जहां है वहीं रहने का आग्रह किया और उन्हें हर संभव सहातया का भरोसा दिलाया

संजीव सुंद्रियाल के साथ रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है

स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं

ये दल दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णबंदी नियमों के अमल और पालन अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और मजदूरों तथा गरीब लोगों के राहत शिविरों की स्थिति पर ध्यान देंगे

ऊना से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने की छूट मिलने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिल सकेंगा वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के संकट में राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने लोगों से कर्फ्यू के नियमों का पालन और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का अनुसरण करने का आग्रह भी किया गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले के लोगों से कोरोना वायरस के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन के दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन करने के कारण जिले में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है गोविंद ठाकुर ने लोगों को घर में सूती कपड़ों के मास्क तैयार करने और बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी रैपिड टेस्ट कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न ज़िलों को रैपिड टैस्ट किट्स प्रदान की हैं गौरतलब है कि इन किट्स के माध्यम से लगभग आधे घंटे में जांच के नतीजे आ जाते हैं

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन किट्स का उपयोग हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नमूनों की जांच के लिए किया जाएगा ताकि कोरोना के लक्षणों की पहचान तेजी से हो सकें इधर हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि जिले के लिए चार सौ रैपिड टैस्ट किट्स दी गई हैं उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट और बफर जोन को एहतियात के तौर पर पूरी तरह सील कर दिया गया है

प्रशासन ने जिले के प्रवेश द्वारो पर रैपिड टेस्ट करने का निर्णय लिया है जिसके तहत दूसरे राज्यो से जरुरी सामान लेकर आने वाले वाहन चालकों और सहायको की जांच की जाएगी ई संजीवनी प्रदेश सरकार ने लोगों को घरद्वार पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आज से ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू की है

आरडी धीमान ने कहा कि जल्द ही ये सुविधा मोबाईल फोन पर भी मुहैया करवाई जाएगी

उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन पंचायतों में अब कर्फ्यू में रोजाना तीन घंटे की ढील दी जाएगी उन्होंने कहा कि एक्टिव केस फायंडिंग अभियान के दौरान हॉटस्पॉट घोषित इन पंचायतों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है महेश्वर सिंह पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों और बुजुर्गों को वापिस लाने के प्रबंध करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को पहले क्वारंटाइन किया जाए और इसके बाद इन्हें घर भेजने की अनुमति दी जाए महेश्वर सिंह ने किसानों व बागवानों को भी विशेष परमिट जारी करने का आग्रह किया है कुलपति प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज विश्वविद्यालय में ऑनलाईन शिक्षण कार्य और आगामी स्नातक स्तर की परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने प्राध्यापकों वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो